ये पद दो चरणों में भरे जाने का प्रस्ताव है

उन पर नियुक्तियों की प्रकिया भी शुरू की जा रही है श्री गोयल ने बताया कि ये जो एक लाख लोग रिटायर्ड होंगे अगले दो वर्षो में उन पदों पर भी भर्ती प्रकिया प्रारंभ होगी हम ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिससे जैसे जैसे पद खाली होते जायेंगे उसके साथ साथ युवाओं को नौकरी मिलती रहेगी श्री गोयल ने कहा कि इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि रेलवे में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का मौजूदा आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा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

आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कार्यक्रम के इस सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे पिछले साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने देशभर के अनेक विद्यार्थियों से बातचीत की थी और उनके साथ अपने निजी अनुभव साझा किये थे बालिका दिवस आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस अवसर पर मुरैना की दस साल की नन्हीं सी अद्रिका गोयल ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हासिल कर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है अद्रिका को मंगलवार को राष्ट्रपति ने यह सम्मान दिया वहीं आज वह अन्य बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बहादुरी के किस्से साझा करेंगी अद्रिका सेव गर्ल चाइल्ड अभियान में मुरैना की ब्रांड एम्बेस्डर भी हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के अतिरिक्त बांग्लादेश भूटान कजाख्स्तान मालदीव रूस और श्रीलंका के चुनाव प्रबंधन संगठनों के प्रमुख और अन्य प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे सम्मेलन के दौरान निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि चुनावों को समावेशी और सभी लोगों की पहंच के दायरे में लाने पर अपने अपने अनुभवों सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और पहलों को साझा करेंगे साथ ही विभिन्न देशों में मतदाताओं के नामांकन और लोगों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के तरीकों पर भी विचार विमर्श होगा

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं डॉ सुब्बाराव सुप्रसिद्ध गाँधीवादी डॉ एसएन सुब्बाराव ने आज के दौर में अखण्ड भारत की अवधारणा को चिरस्थायी बनाने के लिये महात्मा गाँधी के विचारों को व्यवहारिक जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिये दुढ़ संकल्प ले तो भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है

डॉ सुब्बाराव ने कहा कि विविधता से परिपूर्ण भारत को जिसमें अनेक भाषा बोलने और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं एक सूत्र में बाँधकर रखना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेकर निरंतर कार्य करे तो देश की एकता को कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती

इनमें सर्वश्री ध्रुव शुक्ल उदयन वाजपेयी और चिन्मय मिश्र शामिल हैं

इसके चार पूर्व सैनिक परेड में सेना के रणबांकुरों के साथ दिखायी देंगे सेना के मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टॉफ मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने कल गणतंत्र दिवस परेड की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर की झांकी पेश करने वाली गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में यह पहला मौका है जब आईएनए के चार पूर्व सैनिक इस परेड में हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि यह सेना के लिए फक्र की बात है

इन पूर्व सैनिकों में चंडीगढ के लालतीराम गुरूग्राम के परमानंद हीरा सिंह और भागमल हैं प्रियंका गांधी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया है उन्हें पश्चिमी उत्तरप्रदेश की कमान सौंपी गई है वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर पूर्वी उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी दी गयी है इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महासचिव संगठन पद से हटा दिया गया है और यह जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को सौंपी गयी है मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा मुख्य आयोजन भोपाल स्थित मिंटो हॉल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य में होगा समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्य सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त मतदाता जागरूकता के लिये नियुक्त स्टेट आइकॉन शामिल होगें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ता राव ने बताया है कि समारोह में नये मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मतदाता परिचय पत्र वितरण तथा निर्वाचन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को श्रेष्ठ निर्वाचन पुरस्कार प्रदान किया जायेगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य भागों में शीतलहर का असर बढ़ गया है आज सुबह भोपाल सागर ग्वालियर और सतना में घना कोहरा छाया रहा हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश पर भी नजर आने लगा है

साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की वर्षा भी हो सकती है कृषि विशेषज्ञ मौसम में आये इस बदलाव को रबी की फसलों के लिये अच्छा बता रहे हैं

दो दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ आज शाम पांच बजे मिलेट्री बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से होगा

इसकी शुरूआत न्यूरोलॉजी विभाग से होगी

इसके लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आरक्षण की प्रकिया शुरू कर दी है